और गुरूनानक देव जी महाराज का पांच सौ पचासवां प्रकाशोत्सव शुरू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था आज भी मजबूत स्थिति में है क्योंकि सरकार ने इसकी ब्रनियाद को कमजोर नहीं होने दिया है श्री मोदी आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि देश का विकास नये विचारों और नये द्रष्टिकोण के साथ तेजी से हो रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि अब राज्य भी निवेशकों को अपने यहां आकर्षित करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में आ गये हैं श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षो से राज्य सरकारें निवेशकों को बेहतर सुविधाएं देने पर विशेष ध्यान देने लगी हैं

इंस्पैक्टर राज से मुक्ति मिले हर मोड़ पर सरकार के परमिट राज का शिकार न होना पड़े राज्य इनिशेटिव लेकर के व्यवस्था सरल कर रहे हैं कानुनों बदलाव हो रहा है गैर जरूरी नियमों को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं राज्यों में ये कॉम्पीटिशन जितना बढ़ेगा हमारे उद्योग भी ग्लोबल प्लेटफार्म पर कम्पीट करने के लिए सामर्थयवान बनेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि लाल फीताशाही विकास के मार्ग में बाधक है उन्होंने कहा कि सिंगल विण्डो प्रणाली से निवेशकों को बहुत लाभ हुआ है प्रधानमंत्री ने कहा कि आवास क्षेत्र में लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिये पच्चीस हजार करोड़ रूपये के कोष के गठन से मध्यम वर्ग के परिवारों का अपने घर का सपना पूरा होगा साउंड बाईट सरकार जो भी फैसले ले रही है वो भारत के हित के अनुसार भारत के समाज की आकांक्षाओं के अनुसार ले रही है आज सरकार गरीब के घर स्वास्थ्य स्किल ऐसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस कर रही है तो साथ साथ इंवेस्टमेंट और सेल्फ इंप्लायमेंट पर भी बल दे रही है झारखंड विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाईटेड सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगा पार्टी की केन्द्रीय कार्यकारिणी की रांची में हुई बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि न्याय के साथ विकास पार्टी का मुख्य मुद्दा होगा इधर हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी झारखंड विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है श्री मांझी ने बताया कि दस नवम्बर को प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जायेगी नवादा प्रधान डाकघर में पांच करोड़ संतावन लाख रूपये के गबन के मामले में तत्कालीन कैशियर अंबिका चौधरी ने नवादा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है इस मामले का एक अन्य आरोपी तत्कालीन डाकपाल कपिलदेव प्रसाद अभी भी फरार चल रहा है वहीं जिले के हरिया ग्राम पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव को जिलाधिकारी ने बासठ लाख रूपये गबन के मामले में बर्खास्त कर दिया है प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे पैथोलॉजी लैब मामले की आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक की गयी कार्रवाई का ब्यौरा न्यायालय के समक्ष पेश किया गया सरकार की ओर से पारा मेडिकल काउंसिल के गठन के लिये चार सप्ताह के समय की मांग की गयी है मामले की अगली सुनवाई नौ दिसम्बर को होगी एके सैंतालीस राइफल बरामदगी मामले में मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह की आज पटना स्थित सांसदों और विधायकों के लिये गठित विशेष अदालत के समक्ष पेशी हुई अनंत सिंह को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भागलपुर से पटना लाया गया पेशी के बाद विधायक को फिर भागलपुर जेल भेज दिया गया है आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक इरा जोशी ने कहा है कि आकाशवाणी संचार का एक मजबूत और प्रभावशाली माध्यम बना रहेगा आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रेडियो की सबसे खास बात यह है कि लोग अपना काम करते हुए भी इसका आनंद ले सकते हैं समारोह को संबोधित करते हुए दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने कहा कि अब रिपोर्टिंग के लिए पुराने बड़े कैमरों की जगह मोबाइल फोन का इस्तेमाल होने लगा है और द्रदर्शन भी इस नई मोबाइल पत्रकारिता का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है सिख धर्म के संस्थापक ग्रूनानक देव जी महाराज का पांच सौ पचासवां प्रकाशोत्सव पटना सिटी स्थित तख्त श्रीहरिमंदिर साहिब में शुरू हो गया है आज पंज प्यारों के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकाली गयी ग्रूद्वारा प्रबंधक कमिटी के महासचिव महिन्द्रपाल सिंह ढिल्लों ने बताया कि मुख्य समारोह बारह नवम्बर को आयोजित किया जायेगा दस नवम्बर को विशाल प्रभात फेरी और ग्यारह नवम्बर को नगर कीर्तन निकाला जायेगा

ग्यारह तारीख को वहां मॉर्निंग से दोपहर तक फंक्शन चलता है

इधर विदेश मंत्रालय के भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के बैनर तले विभिन्न देशों के सिख युवाओं का एक प्रतिनिधिमंडल तीन दिवसीय दौरे पर आज पटना पहुंचा इस प्रतिनिधिमंडल में अमरीका ब्रिटेन मलेशिया कनाडा थाईलैंड ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड दक्षिण अफ्रीका सिंगापुर और इटली के श्रद्धालु शामिल हैं सदस्यों ने तख्त श्रीहरिमंदिर साहिब में मत्था टेका और आसपास के गुरूद्वारों में भी दर्शन किये सिख श्रद्वालुओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नौ नवम्बर को करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किये जाने की घोषणा पर प्रसन्नता व्यक्त की प्रकाशोत्सव पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लोक संपर्क और संचार ब्यूरो की ओर से नौ नवम्बर से राजकीय महिला कॉलेज गूलजारबाग में डिजिटल फोटो प्रदर्शनी और लेजर शो का आयोजन किया जायेगा ब्यूरो के निदेशक विजय कुमार ने बताया कि यह प्रदर्शनी पंद्रह नवम्बर तक चलेगी इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अमृतसर में गुरूनानक देव जी महाराज के प्रकाशोत्सव पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए केंद्र सरकार की सहायता से नक्सल प्रभावित औरंगाबाद जिले के सरकारी मध्य विद्यालयों मे पढने वाले बच्चे अब रोबोटिक टैबलेट के जरिए पढाई करेंगे

इससे ग्रामीण क्षेत्र के स्कूली बच्चों में सुचना प्रौद्योगिकी के नये साधनों से शिक्षा प्रदान करने और सीखने के कौशल को बढावा देने में मदद मिलेगी

आकाशवाणी समाचार के लिए औरंगाबाद से कमल किशोर मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में अठाईस नवम्बर से सेना में भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जायेगा एआरओ के निदेशक कर्नल मनमोहन सिंह मिन्हास ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में आठ जिलों के अभ्यर्थी भाग लेंगे अभ्यर्थी बारह नवम्बर तक ऑनलाईन पंजीकरण करवा सकते हैं पन्द्रह नवम्बर से प्रवेश पत्र उपलब्ध रहेगा विशेष जानकारी सेना की वेबसाईट ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट एनआईसी डॉट इन पर उपलब्ध है खगड़िया जिले में फर्जी अंक पत्र के आधार पर विभिन्न विद्यालयों में नियुक्त चार नियोजित शिक्षकों के खिलाफ निगरानी जांच ब्यूरो ने प्राथमिकी दर्ज करायी है

सीतामढ़ी जिले में आज से फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरूआत की गयी इसके तहत जिले में चौंतीस लाख लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है

और गुरूनानक देव जी महाराज का पांच सौ पचासवां प्रकाशोत्सव शुरू